झारखंड के रांची में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पांच वर्ष में योग को स्वास्थ्य से जोड़ा है ताकि इसे स्वास्थ्य सेवा का सशक्त आधार बनाया जा सके प्रधानमंत्री ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक योग का महत्व पहंचाने की आवश्यकता पर बल दिया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हजारों लोगों के साथ प्रभात तारा मैदान में योगाभ्यास किया रबड़ मैट के स्थान पर खादी से बनी योग चटाई का प्रयोग किया गया इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भी योग दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुआ जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र विशेष रूप से मौजूद रहे योगाभ्यास से पूर्व कुल्लू के गाड़ागुशैणी में कल हुई बस दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने मंडी जिले के सरकाघाट में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग मनुष्य को शारीरिक और मानसिक तौर पर तनावमुक्त रखने में सहायक होता है

केलंग पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस आईटीबीपी और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों सहित गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया इसके अलावा ज़िले के विमिन्न स्कूलों में भी बच्चों द्वारा योगाभ्यास किया गया वहीं सोलन के पुलिस मैदान में भी हज़ारों लोगों ने योग कियाएं कर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का प्रण लिया सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे आयुर्वेदिक विभाग द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने लोगों को योग कियाएं करवाईं बिलासपुर के लुहण् मैदान में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया इस बीच कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल हुए भीषण बस हादसे के कारण सादगी के साथ मनाया गया

बाद में योगाभ्यास सत्र में सभी लोगों ने योगासन और प्राणायाम किया

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू और नागरिक अस्पताल बंजार में भर्ती किया गया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू अस्पताल का दौरा कर घायलों का कुशलक्षेम पूछा उन्होंने कहा कि घायलों की हर संभव मदद की जा रही है और सभी को राहत राशि दे दी गई है मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर और बंजार के विधायक सुरेन्द्र शौरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना वर्तमान समय की मांग है ताकि भारतीय पुरातन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा सके शिमला के विकास नगर में आज सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक आवासीय विद्यालय में नवनिर्मित छात्रावास के उदघाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा देश सहित विदेशों में भी शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का कार्य किया जा रहा है

इस अवसर पर सतलुज जल विद्युत निगम की कार्मिक निदेशक गीता कपूर विद्या भारती के उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद खेतान और राष्ट्रीय मंत्री शिव कुमार भी मौजूद रहे वित्त मंत्री वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है आज नई दिल्ली में राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श में उन्होंने लक्ष्य पूरा करने में केन्द्र की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया